मुख्यमंत्री ने टिहरी जिले में किया अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना का शुभारंभ उच्च शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा उत्तरकाशी के माघ मेले को जल्द मिलेगा राजकीय मेले का दर्जा बागेश्वर के उत्तरायणी मेले में भोटिया बाजार बना आकर्षण का केंद्र

इस हवाई विमान सेवा के प्रथम यात्रा में देहरादून से बतौर यात्री पिथौरागढ़ पहंचे प्रदेश के वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि जिले की सालों पुरानी मांग पूरी हो गई है उन्होंने बताया कि हवाई सेवा शुरू होने के बाद देहरादून और पंतनगर से जिले की कनेक्टिविटी रहेगी

हवाई सेवा शुरू होने के अवसर पर नैनीसैनी हवाई पट्टी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस मौके पर जिलाधिकारी डॉ विजय कुमार जोगदण्डे के साथ ही स्थानीय महिलाओं ने पारंपरिक परिधान में यात्रियों का स्वागत किया इस मौके पर छोलिया नृत्य भी प्रस्तुत किया गया गौरतलब है कि यह विमान सेवा नियमित रूप से संचालित होगी

नई टिहरी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी व्यक्ति पैसों की कमी के कारण इलाज से वंचित न रहे इस मकसद से यह योजना चलायी जा रही है उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ सभी वर्गों के लोगों को दिया जा रहा हैं

मुख्यमंत्री ने लोगों से दूसरों को भी गोल्डन कार्ड बनाने के लिए प्रेरित करने की अपील की उन्होंने बताया कि बौराड़ी स्थित जिला चिकित्सालय को पीपीपी मोड पर दिया गया है ताकि क्षेत्र के लोगों को इलाज के लिए बाहर न जाना पड़े

इस मौके पर उन्होंने लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड भी वितरित किये गौरतलब है कि अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के तहत प्रत्येक परिवार को पांच लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी इस योजना को प्रदेशभर में संचालित किया जा रहा हैं

इसके निर्माण के लिए एकमुश्त सत्तासी करोड़ रुपये जारी किये गये हैं

मुख्यमंत्री ने टिहरी जिले के लिए कई अन्य अहम घोषणाए भी की उन्होंने कहा कि इस साल टिहरी झील महोत्सव को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का स्वरूप दिया जायेगा

इस मौके पर उन्होंने टिहरी में दो सौ इक्कीस करोड़ इक्यासी लाख रूपये की लागत की कुल नवासी योजनाओं का लोकापर्ण और शिलान्यास किया

स्लग राज्यपाल राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि भारत युवाओं का देश हैं देश के नव निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है बुधवार को राजभवन में भारत गौरव यात्रा के तहत देश के पूर्वोत्तर राज्यों से आए छात्र छात्राओं से राज्यपाल ने मुलाकात की उन्होंने कहा कि हमारे देश की संस्कृति अनेकता में एकता की है उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों से आये छात्र छात्राओं से कहा कि वे जिस भी राज्य में जाए वहां की संस्कृति और विरासत का अनुभव दूसरों से भी साझा करें गौरतलब है कि भारत गौरव यात्रा के तहत पूर्वोत्तर भारत के राज्यों का एक दल विभिन्न राज्यों का भ्रमण कर रहा है

उत्तरकाशी में आयोजित माघ मेले में शिरकत करने पहुंचे डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही बैकलॉग के पदों को भरने जा रही है विभिन्न विभागों से बैकलॉग के रिक्त पदों का डाटा मांगा जा रहा हैं इस मौके पर उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही माघ मेले को राजकीय मेला घोषित किया जाएगा स्लग भोटिया बाजार बागेश्वर में चल रहे उत्तरायणी मेले में लगा भोटिया बाजार आकर्षण का केंद्र बना हुआ है यहां दारामा जोहर व्यास चौंदास दानपुर से लायी गई जड़ीबुटियों और दन कालीन व्यापारियों के उत्पादों की जबरदस्त मांग हो रही है इसके साथ ही रिंगाल से बने सूपे और डलियों की भी खूब बिक्री हो रही है उत्तरायणी मेले में पिथौरागढ़ जिले के धारचूला मुनस्यारी जोहार दारमा व्यास और चौंदास आदि क्षेत्रों के व्यापारी हर साल आते हैं उत्तरायणी मेले में हिमालयी जड़ीबूटी लाने वाले इन व्यापारियों का लोग इंतजार भी करते हैं ये जड़ीबूटियां खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ ही कई बीमारियों में भी कारगर साबित होती हैं जड़ीबूटियों का ये कारोबार कई सालों से ये व्यापारी कर रहे हैं उत्तरायणी मेले में मुनस्यारी की राजमा भी बिक रही है

खास बात ये है कि मूली के यह चिप्स बर्फ की हवा में सुखाए जाते हैं उत्तरायणी मेला भारत और नेपाल के बीच घनिष्ठ संबंधों का गवाह भी है स्लग उड़ान उत्तरकाशी एयर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए एअर उत्तरकाशी के मनेरा स्टेडियम से आज पैरा मोटर पायलट विनय सिंह ने उड़ान भरी इसके जरिए उन्होंने स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार से जुड़ने के लिए प्रेरित किया पायलट विनय सिंह ने उत्तरकाशी शहर का चारों ओर से मुआयना किया और विश्वनाथ मंदिर के ऊपर फूल बरसाए उन्होंने कहा कि राज्य में पैरा मोटर की काफी सम्भावनाएं हैं इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा वहीं राज्य सरकार को भी अच्छा राजस्व मिल सकता हैं इसके अलावा आपदा के दौरान भी पैरा मोटर ग्लाइडिंग का प्रयोग वहां किया जा सकता हैं जहां हैलीकॉप्टर नहीं पहुंच पाते हैं वहीं जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान ने कहा कि स्थानीय युवाओं को पैराग्लाइडिंग और पैरामोटर पायलट का प्रशिक्षण देकर दक्ष बनाया जाएगा ताकि वो एअर स्पोर्ट्स के जरिए अपना रोजगार स्थापित कर सके स्लग यूक्रेन कोच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश के खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और उनमें प्रतिभा की कमी नहीं है देहराद्रन में यूक्रेन के एथलेटिक कोच अना तोली फते येव से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि एक अनुभवी कोच से प्रशिक्षण प्राप्त करने से खिलाड़ी और बेहतर कर सकेंगे

पखवाड़े के पहले दिन कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई